जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान श्री मोदी ने कहा कि आम चुनाव में जीत के बाद श्री आबे पहले मित्र थे जिन्होंने उन्हें जीत की शुभकामनाए दी उन्होंने जापान में नये सम्राट के शासनकाल की शुरुआत पर श्री आबे और जापान के लोगों को शुभकामनाएं दीं प्रधानमंत्री श्री मोदी कल अमरीकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप से बातचीत करेंगे इस दौरान द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर बातचीत होने की भी संभावना है अमित शाह गृहमंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दो दिवसीय दौरे पर हैं वे आज यहां राज्य की कानून व्यवस्था और सुरक्षा की रिथति की समीक्षा कर रहे हैं यह बैठक श्रीनगर में सुरक्षाबलों के एकीकृत कमान मुख्यालय में हो रही है राज्यपाल सत्यपाल मलिक गृहसचिव राजीव गाबा राज्य के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और सुरक्षाबलों के अलावा खुफिया एजेंसियां भी इस बैठक में भाग ले रही हैं इससे पहले आज सुबह अमित शाह श्रीनगर में शहीद इंस्पेक्टर अशरद खान के घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सात्वना दी

उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान नई दिल्ली में अंतिम सांस ली इसी हमले में उनके साथ सीआरपीएफ के पांच जवान भी शहीद हो गए थे एक ट्वीट में गृहमंत्री ने कहा कि पूरे देश को अशरद खान की हिम्मत और बहादुरी पर गर्व है

आकाश की ओर से आज जमानत के लिये न्यायालय में आवेदन दिया जायेगा आकाश पर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना बलवा समेत कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है गौरतलब है कि श्री विजयवर्गीय पर कल इंदौर में नगर निगम के दो अफसरों से मारपीट के आरोप लगे हैं प्रदेश के गृहमंत्री बाला बच्चन ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के मारपीट करने पर आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी वहीं आरोपी विधायक श्री विजयवर्गीय न कहा कि मैं बहुत गुस्से में था मुझे नहीं पता मैंने क्या कर दिया गौरतलब है कि विधायक आकाश विजयवर्गीय भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं घटना से आक्रोशित इंदौर नगर निगम के कर्मचारियों ने कामकाज बंद कर दिया मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे श्री मोदी के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मन की बात कार्यक्रम है

क्रिकेट आईसीसी क्रिकेट विश्वकप में कल रात बर्मिंघम में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को छह विकेट से हराकर सेमीफाइनल में पहंचने की अपनी उम्मीद बरकरार रखी है मैनचेस्टर में आज खेले जाने वाले अपने छठे राउंड रोबिन मैच में भारत का मुकाबला वेस्टइंडीज से होगा आकाशवाणी से अब से कुछ देर बाद से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अगले चार मैचों में से दो मैच जीतना जरूरी है मौसम मध्यप्रदेश में मानसून की गति धीमी हो गई है राजधानी भोपाल में आज हल्के बादल छाने से गर्मी का असर कम रहा मगर उमस ने परेशान कर दिया

जबलपुर भोपाल मंडला में भी तेज बारिश हो सकती है मानसून की धीमी गति की वजह से प्रदेश में तापमान सामान्य से ज्यादा बढ़ भी सकता है